बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति दी गयी है कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति मिली है बाकी बचे पचास प्रतिशत छात्र अगले दिन स्कूल आयेंगे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है इसकी निगरानी शिक्षा समिति करेगी बैठने की व्यवस्था के दौरान दो गज की दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा श्री कुमार ने बताया कि सरकारी स्कूलों के गेट पर ही बच्चों को दो दो फेस मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है मास्क पहनने कक्षाओं को प्रतिदिन सेनेटाईज करने हाथ धोने के लिये साबुन और सेनेटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही छात्रों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग होगी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर खाद्य सामग्रियों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी स्कूलों में असेम्बली और खेल के पीरियड नहीं होंगे संस्थान द्वारा चलाये जा रहे वाहनों को नियमित रूप से एक दिन में दो बार सेनेटाइज करना होगा विद्यालय प्रबंधन से कहा गया है कि अपने नजदीकी स्थल पर चिकित्सक या नर्स की उपलब्धता सूनिश्चित करें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके इसके अलावा छात्रों को भी यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके प्रदेश में चार जनवरी से कक्षा नौ से बारह तक के स्कूल और कॉलेज संचालित हो रहे हैं केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आम बजट में घोषित सात टेक्सटाईल पार्क में से एक की स्थापना बिहार में होगी श्री प्रसाद बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बजट में टेक्सटाईल पार्क की घोषणा के बाद से ही वे इसके लिए प्रयासरत हैं उन्होंने प्रदेश के अन्य सांसदों से भी इस दिशा में प्रयास करने को कहा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में बजट का निर्माण हुआ लेकिन यह बजट आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूत करने वाला है केन्द्र सरकार ने मूंगेर से भागलपूर के बीच चार लेन वाली नई सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है एक हजार आठ सौ उनहत्तर करोड़ रूपये से अधिक की लागत से दो पैकेज के तहत इस सड़क का निर्माण होगा पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पहले पैकेज में मुंगेर से खरिया गांव तक पच्चीस किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है वहीं दूसरे पैकेज में भागलपुर बाईपास से रसूलपुर तक बत्तीस किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा उन्होंने बताया कि निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है काम दो वर्षों के अंदर प्ररा करने का लक्ष्य रखा गया है पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि राज्य में पीएम पैकेज के तहत अब तक तेरह सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जबकि पन्द्रह को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है प्रदेश में अब तक तीन लाख अस्सी हजार तीन सौ अटठाईस स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सात हजार आठ सौ बासठ लोगों का टीकाकरण हुआ है विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी पर टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है वरिष्ठ चिकित्सक नरेश गुप्ता ने देश में चलाये जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी तरह सुरक्षित बताया है डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लोगों को भयमुक्त होकर टीका लगवाना चाहिए

एक दिन में चौरासी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख अंठावन हजार नौ सौ पच्चीस हो गई है वहीं इसी अवधि में तिरपन नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार दो सौ निन्यानवे हो गया है पिछले चौबीस घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ सोलह हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या आठ सौ संतावन है राज्य सरकार ने सभी मरीजों के लिए एक सौ दो एम्ब्रलेंस सेवा निःशुल्क कर दिया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सेवा का लाभ अब वैसे सभी मरीजों को मिलेगा जो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होंगे अभी तक इसका लाभ साठ वर्ष से अधिक के बुजुर्गों राशन कार्डधारी मरीज कालाजार रोगी और चमकी बुखार जैसे मामलों में ही मिल रहा था पीएमसीएच को देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित करने की परियोजना का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुभारंभ करेंगे इसके तहत मुख्यमंत्री पीएमसीएच परिसर में पांच हजार पांच सौ चालीस करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले नये भवन की आधारशिला रखेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद रहेंगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पीएमसीएच को पांच हजार चार सौ बासठ बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा परिसर में ही छात्रों और फैकल्टी तथा कर्मचारियों के लिए भी आवासीय व्यवस्था रहेगी प्रदेशभर का मौसम अब सामान्य होने लगा है मौसम विभाग के अनुसार अब धूप खिलने के साथ ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी हालांकि सुबह और शाम के समय अब भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान रात के तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आयेगी वहीं दिन के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा भी छाया रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बूथों के निर्धारण के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इसमें कहा गया है कि ब्रथों का निर्धारण इस तरह होना चाहिए जिससे वोटरों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो मुखिया के घर से एक सौ मीटर की दूरी के अन्तर्गत मतदान केन्द्र नहीं होना चाहिए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए की किसी भी मतदाता को वोट देने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़े राज्य सरकार ने खाद और बीज के डीलरों को मापतौल का लाईसेंस लेना अनिर्वाय कर दिया है जैविक खाद के व्यापर और इसके उत्पादन से जुड़ी इकाईयों के लिए भी यह जरूरी होगा कृषि विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है बिहार लोक सेवा आयोग ने इकतीसवीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है मुख्य परीक्षा के लिए दो हजार तीन सौ उनासी छात्र सफल घोषित हुये हैं रिजल्ट आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है पूर्वी चम्पारण जिले के कुंडवा चैनपुर के थानाध्यक्ष संजीव कुमार रंजन को दुष्कर्म के एक आरोपी से मोबाईल पर बात करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है नालंदा जिले के बिहारशरीफ सदर अस्पताल में इलाज करा रहे दो कैदी कल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गये फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है पूर्वी चम्पारण जिले के दरपा थाना क्षेत्र अन्तर्गत पिपरा गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली लल्लू मियां को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी ज़मई जिले के खैरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है सुपौल जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत बरहकुरबा पंचायत के परतापुर गांव में फूड प्वॉयजनिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि अट्ठाईस अन्य बीमार हो गये पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के बड़ी केवई गांव से पुलिस ने एक पिकअप वैन से संतानवे कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं जमुई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है भोजपूर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के नगरी गांव में पूलिस ने छापेमारी कर गांजा तस्करी में लिप्त एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार किया है उसके घर से लगभग दस किलो गांजा भी बरामद हुआ है समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र अन्तर्गत मोख्तियरपुर सलखननी गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी वैशाली जिले के रूस्तमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अन्तर्गत मदहा पुलिया के पास अपराधियों ने एक फाइनांस कम्पनी के कर्मचारी से एक लाख रूपये से अधिक की राशि लूट ली सारण जिले के दिघवारा में आयोजित रामजंगल सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में सीवान की टीम विजेता बनी है खिलाड़ियों के बीच स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने पुरस्कार वितरण किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर लिखता है सात साल बाद केदारनाथ जैसी त्रासदी ग्लेशियर दूटा शुरू से ही पर्यावरण के लिए खतरनाक माने जा रहे दो बिजली प्रोजेक्ट तबाह हिन्दुस्तान ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है चमोली में जल प्रलय एक सौ पचास लापता दैनिक जागरण ने विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह से जूड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है विधानसभा अध्यक्ष बोले अब विधायक अपने आवास के बाहर लिखेंगे उनके परिवार का अपराध से कोई वास्ता नहीं प्रभात खबर ने इसी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है सभी विधायकों और विधान पार्षदों के सार्थक प्रश्नों का होगा समाधान छठी से आठवीं तक की कक्षाओं के आज से शुरू होने की खबर आज और राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख सुर्खी है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से वर्ग छह से आठवीं तक की कक्षाएं शुरू